हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंडी के पधर में आयोजित किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकर करेंगे जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र भी इस मौके उपस्थित रहेंगे समारोह के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रहेगा और जगह जगह सैनिटाइजर की भी प्रर्याप्त व्यवस्था होगीं इस अवसर पर सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कोविड से लड़ने में राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय सहयोग करने को कहा है उपराष्ट्रपति ने कहा कि अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने में वे राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए बातचीत में यह बात कही उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल परिवर्तन के संभावित माध्यम के रूप में महामारी से लड़ने में अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने में मुख्यमंत्रियों के प्रयासों में सहायक बन सकते हैं

चैत्र नवरात्रे के आज तीसरे दिन मां दूर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है मां चंद्रघंटा नाद के साथ शांति का संदेश देती है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित सभी मंदिरों में श्रद्वालु कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहें है कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए है और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है

ये केन्द्र सिरमौर जिला के पांवटा साहिब व कालाअंब उना के हरोली व कंगर और कांगड़ा के फतेहपुर के अलावा बिलासपुर के घुमारवीं में भी इस बार नया खरीद केन्द्र खोला जा रहा है एफसीआई ने चालू सीजन में करीब सात हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण लिखता है प्रदेश में परीक्षाएं स्थगित हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हाई लोडिड राज्यों से आ रहे हैं तो खुद को करें क्वारंटीन आपका फैसला के अनुसार घर आने वाले हिमाचलियों को होना होगा क्वारंटीन

दिव्य हिमाचल की एक खबर है बद्दी में डॉ रेड्डी लैब बनाएगी रेमेडि सविर राज्य दवा प्राधिकरण से मिली मंजूरी इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा उत्पादन मौसम पर हिमाचल दस्तक का शीर्षक है चोटियों पर बर्फबारी मैदानों में बढ़ी तपिश पंजाब केसरी की सुर्खी है बारालाचा दर्रे के सूरजताल में हिमस्खलन से जाम आपका फैसला के शब्द हैं दारचा में यात्रियों सहित फंसे वाहन सड़क को बहाल करने में जुटा बीआरओ